राष्ट्रपति ने प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अच्छे डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों की जरूरत पर दिया बल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नशे की बुराई से लड़ने के लिए युवाओं से एकजुट होकर आगे आने का किया आह्वान केंद्र सरकार ने लाहौल स्पीति जिले के आलू पर लगी रोक को हटाने की अधिसूचना की जारी

उन्होंने कॉलेज के एक सौ दस एमबीबीएस डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान कीं

डिस्पैच दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में अच्छे डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों की जरूरत बताई

उन्होंने भरोसा जताया कि हमारी ऐसी बेटियां विकसित भारत का निर्माण करने में अपना विशेष योगदान देंगे श्री कोविंद ने भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं के संस्थानों में टांडा मेडिकल कॉलेज को शामिल करने पर भी प्रसन्नता जाहिर की समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि संस्थान से पास हुए चिकित्सकों को इस प्रकार सेवा करनी चाहिए ताकि संस्थान को अपने विद्यार्थियों पर गर्व महसूस हो आचार्य देवव्रत ने कहा कि चिकित्सकों को मरीजों की सेवा प्रेमभाव और संवेदना के साथ करनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने समाज में नशे की बुराई से लड़ने के लिए युवाओं को एकजुट होकर आगे आने का आग्रह किया

इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गम्गल हवाई अड़डे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और टांडा मेडिकल कॉलेज ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने उनका भव्य स्वागत किया

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गो के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया सैजल प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित बना रही है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की भोजनगर पंचायत में आज भरगयाणा क्यारटू संपर्क मार्ग के लोकार्पण और क्यारटू ओयल मार्ग का भूमि पूजन करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि सोलन जिला टमाटर सहित बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है और बेहतर संपर्क सुविधाएं मिलने से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी

इस मौके उन्होंने अध्यापकों व अभिभावकों से विद्यार्थियों को देश की महान विभूतियों के जीवन की जानकारी देने का आहवान किया ताकि वे इनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हो सके सर्तकता सप्ताह सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए आज से देशभर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है इसका विषय है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ इस दौरान भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति के बीज आलू पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया गया है नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में आज उन्होंने आलू के सैम्पल की सकारात्मक रिपोर्ट सौंपी इसके बाद केंद्र सरकार ने तुरंत अधिसूचना जारी कर लाहौल स्पीति के आलू पर लगी रोक को हटा लिया है रामलाल मारकंडा ने बताया कि लाहौल स्पीति जिले के आलू अब देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों में भी भेजा जाएगा इस फैसले से जिले के लोग बेहद खुश है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब उन्हें आलू के बेहतर दाम भी मिलेंगे बिजली बाधित जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी होने के एक माह बाद भी विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि घाटी की तिंदी पंचायत सहित म्याड़ व तोंद वैली में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से दूर संचार सेवाएं भी प्रभावित हो रही है स्थानीय निवासियों ने सर्दियों से पहले सभी एक्सचेंज में तेल का उचित भंडारण करवाने की सरकार से मांग की है ताकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े इस बीच कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल घाटी के हर गांव में अगले पांच दिनों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि घाटी में सितम्बर माह में हुई भारी बर्फबारी से बाधित हुई विद्युत आपूर्ति को अधिकतर स्थानों पर बहाल कर दिया गया है उन्होंने दूरसंचार व्यवस्था जल्द दुरुस्त करवाने का आश्वासन भी दिया

सांसद अनुराग ठाक्र ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि योजना के तहत चार किश्तों के माध्यम से पात्र परिवारों को सहायता राशि मुहैया करवाई जा रही है

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व कार्यक्रम प्रभारी गणेश दत्त ने यह जानकारी दी है उन्होंने कहा कि शिमला में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे

प्रदेश कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने बताया है कि इस दौरान रिज मैदान पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि शिविर में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है जिया लाल कपूर भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने कहा है कि वर्तमान परिवेश में शिक्षा के साथ साथ व्यायाम और खेलकूद गतिविधियों की बेहद जरूरत है चम्बा के चौगान में आज राज्य स्तरीय प्राथमिक स्कूलों की खेलकृद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए जिया लाल कपूर ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए खेल छात्रावास की सुविधा शुरू करने के मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया

चीनी दीपावली के उपलक्ष्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में प्रति व्यक्ति छः सौ ग्राम चीनी प्रदान की जाएगी प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने कल नाहन में एक कार्यक्रम में ये बात कही